पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्या प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसाकर उन्हें नष्ट कर दिया था भारतीय सेना की ओर से यह कार्रवाई पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकी हमले के बाद की गयी थी इस हमले में चालीस जवान शहीद हो गये थे उसी दिन राजस्थान के चुरू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में है चुरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है सौगंव मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रुकने दूंगा मैं देश नहीं झूकने दूंगा इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को ओकरे अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्वाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्व की गई सफल कार्रवाई थी उन्होंने कहा कि भारत द्वारा बालाकोट में की गई वायुसेना कार्रवाई आतंकवाद के विरूद्व भारत के सख्त रवैये को प्रदर्शित करती है श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने के तरीकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि दो हजार सोलह की सर्जिकल स्ट्राइक और दो हजार उन्नीस के बालाकोट में अंजाम दिये गये हमले से इस परिवर्तन की पुष्टि होती है वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने बालाकोट के बहादुर जवानों से श्रीनगर में मुलाकात की वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इक्यावन स्कवाड्रन और अभिनंदन ने वायु सेना के शौर्य को साबित किया उन्होंने अत्याध्रनिक विमानों से भिड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी वायुसेना को उन पर गर्व है उन्होंने कहा कि यदि सीमा पार से हमले की साजिश की जाती है तो उसका तत्काल और बहुत कड़ा जवाब दिया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग देश की छवि को खराब कर रहे हैं क्वानसभा में आज अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि ऐसे समय में जब देश आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है तब प्रदर्शनकारी देश के विकास को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने विपक्षी दलों पर गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध का कोई औचित्य नहीं है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार स्पष्ट किया है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में आज स्थानीय अदालत ने सात दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया फर्जी कागजात तैयार करने के आरोप में उनकी पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा और स्वार सीट से विधायक बेटे अब्दल्ला आजम को भी जेल भेज दिया गया है अब्दुल्ला आजम के दो दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित मुकदमे में कल अदालत ने इन तीनों के खिलाफ क्की और गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था आज आजम खान ने पत्नी और बेटे के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में समर्पण किया जहां से तीनों को दो मार्च तक के लिये जेल भेज दिया गया दे अप के अप के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से हई मौतों पर शोक जताया है उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार को तत्काल चार चार लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है आकाशीय बिजली गिरने से कल लखनऊ सोनभद्र बाराबंकी चंदौली और देवरिया में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी थी मुख्यमंत्री ने आकाशीय विजली से मरने वाले दुधारू पशुओं के लिए भी मुआवजा राशि देने की घोषणा की है दुधारू पशुओं की क्षति के लिए तीस हजार रूपये बड़े गैर दुधारू पशुओं के लिए पच्चीस हजार और भेड़ बकरी तथा सुअर की क्षति के लिए तीन हजार रूपये दिए जाएंगे बलिया जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनाने के लिए बैंकों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान अट्ठाइस फरवरी तक चलेगा उप निदेशक कृषि ने बताया कि केसीसी बनवाने के लिए किसानों को आवेदन प्रपत्र भरकर खसरा खतौनी और आधार कार्ड की प्रतियों के साथ दो फोटो बैंक में जमा करने होंगे किसानों को उसी बैंक में आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा जहां से उन्हें किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि प्राप्त हो रही है आवेदन प्रपत्र समी बैंक शाखाओं पर उपलब्ध हैं प्रदेश के रामपुर जिले में आज सुबह एक एसयूवी कार और बस की आमने सामने से हुई टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गए दुर्घटना जिले की तहसील शाहबाद क्षेत्र में हुई अपर पुलिस अधीक्षक विद्या सागर शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में एसयूवी में सवार आठ लोगों में से पांच की मौत हो गयी ये सभी एक चीनी मिल के कर्मचारी थे और सुबह करीब पांच बजे पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे